प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उज्जवला योजना के अन्तर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मूफ्त दिये गये गैस सिलेंडर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं प्रधानमंत्री आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कांफेंसिग के माध्यम से लोकार्पण कर रहे थे

पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की पारी में बैठक करेगी और लोकसभा की बैठकें शाम को होगी सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयका की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्ति में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा

कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पहली बार रोकथाम के कड़े उपाय किये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प है

इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किये जायें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मास्क न पहनने वालों के प्रति सद्भावनापूर्ण ढंग से प्रवर्तन कार्रवाई की जाये

उन्होंने चिकित्सका पैरामेडिक्स तथा अन्य चिकित्साकर्मियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित कराने के साथ अस्पतालों में कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुआ एवं दवाइयों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज कानपुर नगर और मेरठ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड अस्पताल बनाये गये सभी निजी अस्पतालों द्वारा संक्रमित मरीजों के लिए मानक के अनुरूप सुविधायें सुनिश्चित की जाय निजी अस्पतालों द्वारा मरोजों के उपचार के लिए निर्धारित पैकेज के अनुसार ही धनराशि ली जाय

प्रदेश में आज तक कुल पचहत्तर लाख से ज्यादा कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय अड़सठ हजार एक सो बाइस है विगत चौबीस घंटों में छह हजार दो सौ उन्तालीस नये कोरोना के मामले मिले हैं इस दौरान पांच हजार नौ सौ अट्ठावन मरीज स्वस्थ हुए हैं श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल दो लाख उन्तालीस हजार चार सा पच्चासो कोरोना मरीज ठीक हो गये हैं जबकि चार हजार चार सौ उन्तीस लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में मारी गई सुदीक्षा भाटी के परिजनों को पन्द्रह लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि सुश्री भाटी की स्मृति में उनके गांव में बच्चों के लिए पुस्तकालय और प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया जायेगा मुख्यमंत्री से आज लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर सुदीक्षा भाटी के माता पिता एवं मामा ने भेंट की उनके साथ राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर और विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने सुदीक्षा भाटी के परिजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि सुश्री भाटी देश की बेटी थीं उन्होंने अपने संघर्ष परिश्रम और मेधा से देश का नाम रोशन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यो को लेकर बलिया जनपद की समीक्षा की

जन प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यो और योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने में किसो प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री खन्ना ने बताया कि लखनऊ में गड्ढा मुक्त अभियान चलाकर पन्द्रह दिसम्बर तक सड़कों को दुरूस्त किया जाय देशभर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया परीक्षा कोविड संक्रमण से बचाव के सभी उपायों के बीच करायी गई सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा केन्द्रों की संख्या दो हजार पांच सौ छियालीस से बढ़ाकर तीन हजार आठ सौ तैंतालीस कर दी थी परीक्षा केन्द्रों में एक कमरे में केवल बारह परीक्षार्थी ही बैठे जबकि पहले यह संख्या चौबीस थी

बिना मास्क पहने परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनूमति नहीं थी इसके अलावा परीक्षा से पहले कल सभी कक्षाओं को सेनिटाइज किया गया था चिकित्सा शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा नीट काविड महामारी के कारण दो बार स्थगित करनी पड़ी

गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरडो ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा मिलों को कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा सीजनल कामगारों और मजदूरों के काम पर वापसी के समय शत प्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा और संक्रमित पाये गये मजदूरों और कामगारों को क्वारंटीन में रखा जायेगा इसके अलावा चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों को सभी कर्मचारियों आर किसानों का गन्ना क्रय केन्द्र तथा गन्ना समिति कार्यालय पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश दिये गये हैं

बेसिक शिक्षा विभाग ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस तैयार करने का काम उन्हें सौंपा है जिले में लगभग दो हजार दो सौ अड़सठ प्राइमरी स्कूल हैं सरकार इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क ड्रेस उपलब्ध कराती है जिसे कानपुर लखनऊ और दिल्ली से मगाया जाता था परंतु कोरोना और लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी के संकट को देखते हुए अब स्थानीय स्तर पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में कुल एक हजार तीन सौ सड़सठ समूह गठित हैं जिनमें सत्ताइस हजार दो सौ अड़तीस परिवार जुड़े हैं इन्हें स्कूल ड्रेस सिलाई के कार्य का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया उन्हें कोरोना संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था